कहा बिहार विशेष सशस्त्र पूलिस विधेयक को लेकर लोगों को किया जायेगा जागरूक जदयू के महेश्वर हजारी विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित

विधान मंडल का बजट सत्र संपन्न

होली ईद सहित अन्य पर्वों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर लगायी रोक कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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

विधान सभा में उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अपने संबोधन में श्री कुमार ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों के विरोध का तरीका गलत था उन्होंने कहा कि अपना उम्मीदवार घोषित करने के बावजूद विपक्ष ने आज उपाध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लिया यह उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कल की घटना के बाद विधान सभाध्यक्ष ने जो कदम उठाया उसके सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था

वे सदन के अठारहवें उपाध्यक्ष होंगे विधान सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की घोषणा की

मतदान के दौरान अध्यक्ष ने सदन के सभी द्वार बंद करने के आदेश दिये इससे पहले विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुरोध पर सदस्यों की गिनती करवायी गयी श्री चौधरी ने कह कि इस प्रक्रिया से जनता के बीच दूरगामी संदेश गया है

चार बार विधान सभा और एक बार लोकसभा के लिए निर्वाचित श्री हजारी वर्ष दो हजार पांच में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे वर्तमान में वे समस्तीपूर जिले के कल्याणपूर विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं विधान सभाध्यक्ष मुख्यमंत्री और सत्तापक्ष के विभिन्न घटक दलों के नेताओं ने श्री हजारी को उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने बधाई संदेश में आशा व्यक्त की कि अपने अनुभव से श्री हजारी सदन के निष्पक्षता के साथ संचालन में सफल होंगे

वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने कहा कि महेश्वर हजारी को संसदीय जीवन का लंबा अनुभव है और इससे सभी विधायक लाभान्वित होंगे वहीं सदस्यों के प्रति आभार जताते हुए श्री हजारी ने कहा कि वे बिना किसी भेदभाव के सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेकर सदन चलाने का प्रयास करेंगे

विधान सभा में कल हंगामे के दौरान विपक्ष के विधायकों को पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों द्वारा सदन से जबरन निकाले जाने के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और वामदलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया बजट सत्र के आज अंतिम दिन विपक्ष के विधायकों ने विधान सभा परिसर में विरोध जताया विपक्षी दल के सदस्यों ने संकेत के रूप में बाहर ही सदन की समानांतर बैठक की राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेन्द्र और कांग्रेस के अजित शर्मा ने आरोप लगाया है कि सरकार पुलिस के बल पर सदन की कार्यवाही चलाना चाहती थी इसलिए विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के सामान्य सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्र पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दो करोड़ नवासी लाख रूपये गबन का मामला प्रकाश में आया है उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कल यह रिपोर्ट सदन पटल पर रखी थी रिपोर्ट में बजट निर्माण प्रक्रिया पर भी सवाल उठाये गये हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना की कमियों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का भी सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है

ये पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तक लागू रहेंगे देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को जांच निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है उन्हें यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर होली शब ए बारात बिहू ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा है अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कडाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड शील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच चार से छह सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है यदि वैक्सीन का दूसरा टीका छह से आठ सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी

लाभार्थियों को अपनी सुविधा के अनुसार चार से आठ सप्ताह के अंदर दूसरी खुराक की तारीख तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी लाभार्थी को पहली खुराक की तारीख के छह से आठवें सप्ताह में दूसरी खुराक लेने की सलाह दी जाती है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि लाभार्थी आठवें सप्ताह से अधिक देरी न करे

प्रदेश में अब तक इक्कीस लाख ग्यारह हजार चार सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें सत्रह लाख दस हजार चार सौ पन्द्रह लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चार लाख एक हजार चार लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक पांच करोड़ आठ लाख अड़तालीस हजार से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं केंद्र सरकार ने एक अप्रैल से पैंतालीस वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है सरकार ने सभी पात्र लोगों से तूरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है अभी छह सौ तेईस मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक पटना से तीन सौ मामले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश के उनतीस जिलों से कोविड के एक सौ ग्यारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है सबसे अधिक पटना से पचास पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव एक सात प्रतिशत है इधर देश में पिछले चौबीस घंटे में सैंतालीस हजार दो सौ बासठ लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है एम्स पटना के कोविड मामलों के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोगों की लापरवाही और दिशा निर्देशों के उल्लंघन से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है

कहा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक को लेकर लोगों को किया जायेगा जागरूक जदयू के महेश्वर हजारी विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित

विधान मंडल का बजट सत्र संपन्न

होली ईद सहित अन्य पर्वों पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर लगायी रोक